प्रवक्ता ने बताया कि ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों के लिए मतदाता सूचियां तैयार कर ली गई है

सरकार ने जीएसटी से मिलने वाले राजस्व में एक लाख दस हजार करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए इस वर्ष अक्तूबर में उधार लेने के लिए एक विशेष प्रक्रिया शुरू की थी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रक्रिया के माध्यम से ऋण लिया जा रहा है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने पार्टी पदाधिकारियों से सरकार की विफलता को लोगों के बीच ले जाने को कहा है चंबा ज़िला कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आहवान किया कि वे पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने का प्रयास करें

मौसम प्रदेश के अधिकतर भागों में साफ मौसम के बावजूद तापमान में लगातार गिरावट के चलते लोगों को कड़ाके की ठंड से जूझना पड़ रहा है मध्यम व मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ने से ठंड में इजाफा हुआ है हालांकि इन क्षेत्रों में दिन के समय धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है

मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों तक मौसम के साफ बने रहने की उम्मीद जताई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

अमर उजाला दिव्य हिमाचल और आपका फैसला का एक जैसा शीर्षक है हिमाचल में बजा पंचायत चुनाव का बिगुल सुबह आठ से शाम चार बजे तक वोटिंग दैनिक जागरण के शब्द हैं हिमाचल में तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव दैनिक भास्कर लिखता है शिमला जिला और धर्मपुर में चुनाव कोर्ट के आदेशों के बाद आचार संहिता लागू जबकि हिमाचल दस्तक के शब्द हैं शिमला जिला और मंडी के धर्मपुर ब्लॉक में चुनाव पर फैसला आज जयराम सरकार ने वीरभद्र सिंह शांडिल के विधानसभा क्षेत्रों में बंद किये दो पीएचसी स्थानीय लोगों में रोष खबर को दिव्य हिमाचल ने बॉक्स में प्रकाशित किया है कल्पा में हरियाणा की पर्यटक की मौत पर दैनिक भास्कर ने लिखा है सुसाइड प्वाइंट पर सेल्फी ले रही महिला को कार ड्राइवर ने दिया था धक्का पति देवर के शामिल होने का शक अमर उजाला का शीर्षक है सेल्फी लेते नहीं धक्का देकर की गई महिला की हत्या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को डेमोक्रोसी हिमाचल ने सुर्खी दी है जीवन जीने की कला सिखाती है श्रीमद्भगवद् गीता जबकि आपका फैसला का शीर्षक है गीता आध्यात्मिक शिक्षा का भंडार है जो जीवन जीने की कला सिखाती है छूट गई नौकरीअब लड़ेंगे पंचायत चुनाव दिव्य हिमाचल की खबर है